सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए अब भोपाल इंदौर और जबलप्र के साथ ही विदिशा उज्जैन ग्वालियर नरसिंहप्र तथा सौंसर में भी रविवार को लॉक डाउन रहेगा भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्योहार मना सकते हैं होली पर सभी दफ्तर दुकानें और मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे

सभी तरह की रैली जुलूस प्रदर्शन और धरने पर रोक रहेगी मंत्रालय में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हम तिहरी रणनीति अपना रहे हैं पहला संक्रमण रोकने के सभी उपाय करना द्रसरा अस्पतालों में कोरोना के उपचार की श्रेष्ठतम व्यवस्था और तीसरा प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन करवाना जिससे कोरोना का संकट कम से कम हो सके इस बीच इंदौर में कोरोना का कहर जारी है

यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है वहीं उज्जैन जिले में भी कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है

बड़वानी कलेक्टर ने लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है उधर पन्ना जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऐतिहासिक कुआँताल मेला स्थगित कर दिया गया है पीएम दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश में जेशोरेश्वरी काली मंदिर के समीप एक साम्दायिक भवन के निर्माण के लिए अनुदान की घोषण की है इस सामुदायिक केन्द्र में समुद्री तुफान से प्रभावित सभी धर्मों के लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था होगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देवी काली पर चांदी और सोने से बना म्क्ट अर्पित किया एक स्थानीय कलाकार ने तीन सप्ताह में इस मुकुट को तैयार किया था

श्री मोदी पहले ऐसे विदेशी राजाध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हैं जिन्होंने बंगबंध् के मकबरे पर श्रद्वांजलि अर्पित की है

इस अवसर पर रात साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक एक घंटे के लिये गैर जरूरी विद्य्त प्रकाश को बंद रख कर लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं

खंडवा में भी आज से एमएसपी पर खरीदी की जा रही है अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार